स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए है

बाड़मेर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पंकज चौधरी का नामांकन खारिज हो गया इस चरण में कल तक नाम वापस लिये जा सकेंगे इसके बाद ही मैदान में बचे उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो सकेगी

लोकसभा चुनाव के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और द्रदर्शन के राज्य स्तरीय केन्द्रों से चुनाव प्रसारण का समय कल आवंटित कर दिया गया

आकाशवाणी और दूरदर्शन से यह प्रसारण राज्य के सभी केंद्रों से एक साथ रिले किया जाएगा

इस पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल है उन्होंने चुनाव आयोग को इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई है

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन डॉ अर्चना शर्मा ने बताया कि ये लोग आज जयपुर लोकसभा क्षेत्र के सिविल लाईन्स में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खण्डेलवाल के समर्थन में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करेंगे इसके बाद वे झुन्झुन् में चुनावी सभा में भाग लेंगे इधर जयपुर ग्रामीण सीट से भाजपा प्रत्याशी और केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्द्वन राठौड आज बानसूर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जन संपर्क करेंगे तथा चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे इससे पहले कल उन्होंने विराटनगर में सभा को संबोधित किया

गिर्वा और बड़गांव क्षेत्र से निकली इस मोटरसाईकिल रैली ने विभिन्न क्षेत्रों में आमजन को मतदान के लिए प्रेरित किया और जागरूकता संदेश दिया

जयपुर में स्वीप के तहत कल विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान नुक्कड नाटक मंचित कर मनोरंजक तरीके से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया

घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया चूरू जिले के रामपुरा गांव के पास कार और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गये

समापन के दौरान कवि सम्मेलन आयोजित किया गया